बैठक में राज्य में दो गोल्ड रिफाइनरीज के लिये कर की वापसी के लिये योजना रद्द करने और वैद्य कर की देय राशि के लिये आपराधिक षड्यंत्र रचने की जांच विजिलेंस विभाग द्वारा करने का निर्णय लिया गया मंत्रिमण्डल ने राज्य में बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्वार के लिये प्रोत्साहन योजना की जांच करने का फैसला भी लिया

इसमें शराब के उत्पादकों से थोक विक्रेताओं और उनसे परचून विक्रेताओं की आपूर्ति को सुचारू बनाने पर बल दिया गया है

समापन समारोह में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि ये मेला बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मो के लोगों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है उन्होंने कहा कि गुरु पदमसंभव की तपोस्थली रिवाल्सर में आयोजित इस मेले की प्रदेश सहित देश में अलग पहचान है प्रशिक्षण बिलासपुर ज़िले की पंचायत स्तर की निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों के लिए बिलासपुर में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल शुरू हुआ ज़िला पंचायत अधिकारी राजेन्द्र धीमान ने कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों को नई जानकारी का लाभ उठाने का आहवान किया इस मौके राज्य संसाधन केन्द्र के निदेशक ओम प्रकाश भूरेटा ने बताया कि पंचायतीराज विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास है सम्मान पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय धर्मशाला में क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने निगम के चौकीदार संजीव कुमार को एक यात्री का बैग लौटाने पर सम्मानित किया

लौटाए गए बैग में नकदी व पांच लाख रूपये के सामान के अलावा मोबाईल सहित ज़रूरी दस्तावेज भी थे प्रतिनिधिमंडल प्रदेश होमगार्डस वैल्फेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल कल नाहन में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से मिला संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र क्मार ने गृह रक्षकों की विभिन्न मांगें विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखीं और समस्याओं से अवगत करवाया राजीव बिंदल ने प्रतिनिधिमंडल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचारपत्रों ने प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है गोल्ड रिफाइनरी और उद्योगों को लाभ देने की होगी जांच पंजाब केसरी की सुर्खी है कांग्रेस सरकार के चार बड़े फैसलों की होगी जांच

दैनिक भास्कर लिखता है कैबिनेट ने अगले वित्त वर्ष के लिये आबकारी नीति को दी मंजूरी दैनिक जागरण के मुताबिक शराब की आय से सुविधाएं दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार वीरभद्र सरकार के दो फैसलों की होगी जांच हिमाचल दस्तक की सुर्खी है सोना व्यापारियों की टैक्स माफी पर विजिलेंस जांच

दैनिक न्याय सेतु मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश का पिछड़ना दुर्भाग्यपूर्ण दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है सहकारिता क्षेत्र के मानकों में होगा संशोधन अजीत समाचार के शब्द हैं सहकारी समितियों को मजबूत बनाना समय की आवश्यकता

जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल के सरकारी स्कूल पढ़ाई में फिसड्डी एनएएस की ऑनलाईन परीक्षा में शिक्षा का स्तर सुधरने के तमाम दावे हवा

जबकि दैनिक जागरण लिखता है नगर निगम के बजट में नया कर नहीं वन काट्ओं को पकड़ने गए फॉरेस्ट कर्मचारियों पर हमला तीन कर्मी घायल दो शातिर दबोचे दिव्य हिमाचल की एक खबर है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय कब रुकेंगे हादसे में लिखा है कि थोड़े से पैसों का लालच लोगों की जिन्दगी पर भारी पड़ने लगे तो यह विषय गम्भीर हो जाता है ओवरलोडिंग के लिये चालक परिचालक के साथ लोग भी जिम्मेदार हैं आपका फैसला अपने सम्पादकीय सॉफ्टवेयर से निगरानी में लिखा है कि प्रशासनिक कार्यो में दक्षता लाने में ये सॉफ्टवेयर काफी सहायक साबित हो सकता है बशर्ते इस पर ईमानदारी से काम किया जाए